श्री गहलोत आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला और प्रदर्शनी में चिरस्थायी स्वच्छतर पर बोल रहे थे मंत्री ने कहा कि सरकार मशीनों और आध्निक तकनीकों के उपयोग से सीवर और सेप्टिक टैंको में मानव प्रवेश को रोकने पर ज़ोर दे रही है इस अवसर पर बोलते हये आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह प्री ने कहा कि उनके मंत्रालय दवारा सीवरेज और सेप्टिक टैकों की सफाई के लिए मानव प्रवेश पर रोक और साफ सफाई में एकरूपता लाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है

इससे सम्बधित पक्षोंके बीच दिन भ्र चली बातचीत से चिरस्थायी स्वच्छता सुनिश्चित सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना लाये की उम्मीद है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें प्रष्पाजंलि अर्पित की इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित उनके परिवार के सदस्यों ने डॉ शंकर दयाल शर्मा को श्रद्वासुमन अर्पित किए

इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खदरी व दो प्लों पर मिली का उदघाटन् भी शामिल है इस मौके पर मीडिया से बात करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से बचाव लेकर सरकार ने सभी तैयारियां की है सरकार आने पर चार उप म्ख्यमंत्री बनाने के पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हये उन्होंने एक म्हावरे के माध्यम से कहा कि न हडडा म्ख्यमंत्री बनेंगे न वे किसी को उप मुख्यमंत्री बना पायेंगे उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा च्नावों में एक तर फा जीत दर्ज करेगी इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल ग्र्जर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा विधायक बलवंत सिंह भी मौजूद थे हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पार्टी की जन आर्शीवाद यात्रा के दौरान आज यमुनानगर अम्बाला सहित कई जगह लोगों को सम्बोधित किया स्बह रादौर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार गरीब पीडिय़ दिव्यांग व्यापारी व मजदूर हितैषी है सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों तक लाभ पहंचाना और उन्हें समाज की धार से जोड़ना रहा है म्ख्यमंत्री ने कहा कि रादौर हल्के में सरकार ने एक हजार एक सौ तेईस करोड़ रूपये का विकास कार्य करवाये है और आगामी पांच सालों में खेतों के दो व तीन करम के रास्तों को पक्का करने का काम किया दोपहर बाद यात्रा ने आज फिर अम्बाला में प्रवेश किया जहां शाहबाद स ौरा मार्ग और अधोया चौक पर यात्रा का स्वागत किया गया केन्द्रीय रक्षा मंत्री द्वारा कल कालका से रवाना की गई जन आर्शीवाद यात्रा आठ सितम्बर को रोहतक में संपन्न होगी जहां पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहंचेगे और लोगों को सम्बोधित करेंगे म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने अम्बाला में कहा कि जन विकास के लिए किये गये कार्यो के कारण इस बार भी च्नावों में भारतीय जनता पार्टी को बहमत मिलेगा हरियाणा के यम्नानगर में हथनीक्ंड बैराज आज शाम जल स्तर डे लाख दर्ज किया गया जबकि कल यहां यमूना का जलस्तर आठ लाख क्यसेक अट्ठाइस हजार कयूसेक था यमुनानगर से हमारे संवाददाता के अनुसार इसके अलावा सोम पथ्राला नदियों का पानी भी कम हो गया है जिससे नदियों से सटे इलाकों में रहने वालों ने राहत की सांस ली है हालांकि लापरा कनानौर बकरपुर की माजरी नमाजं पुर मंडी आदि गांवों के रिहायशी इलाकों में भी पानी खड़ा है लापरा गांव में खड़े पानी का स्तर ज्यादा होने के कारण लोग मकान की छतों पर बैठे है करनाल से हमारे संवाददाता ने बताया कि देर रात आये करीब आठ लाख क्यूसेक से अधिक पानी ने करनाल के क्षेत्रों में व्यापक तबाही मचाई यमुना किनारे बसे अधिकतर गांवों में बाढ़ की पानी भर गया

इन लोगों को बचाने के लिए पइले आईआरडी के जवानों ने उन तक नाव से पहंचने का प्रयास किया पर अत्यधिक पानी होने के कारण वाय् सेना की मदद लेनी पड़ी उधर पलवल में आज भी एहतियात के तौर पर यम्ना किनाने गांवों में मुनादी कराई गई और यम्ना नदी से दूर रहने की अपील की गई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा पर अन्शासनहीनता का आरोप लगाया है हडडा की परिवर्तन रैली पर प्रतिक्रिया देते हये श्री तंवर परे कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को पार्टी से ऊप्र नहीं समझना चाहिए वे आज सिरसा में कांग्रेस ब्थ सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे श्री तंवर ने भूपेन्द्र सिंह हडडा दवारा घोषित की गई कमेटी पर कहा कि इसी तरह की समिति का कोई औचित्य नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर अशोक तंवर ने कहा कि घोषणायें पार्टी के च्नाव पत्रके अन्सार होती है न कि किसी व्यक्ति विशेष दवारा की जाती है श्री तंवर ने कहा कि पार्टी प्रभारी को ख्द इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए अशोक तंवर ने कहा कि इस मामले को लेकर वे खूद पार्टी हाई कमान से मिलेंगे श्री तंवर ने सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में ज्टने का आहवान भी किया उन्होंने कहा कि लोकसभा च्नाव में अवश्य लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया किन्त् विधानसभा च्नाव के मुद्दे अलग है और दावा किया कि कांग्रेस को लोगों से प्रारा समर्थन मिलेगा

वहीं बलविंदर नामक मोटर साईकल चालक को अहरवां के पास से गिरफ्तार कर उससे चार किलो चार सौ ग्राम चूरापोस्त बरामद की गई

सभी आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है डिजीटल माध्यमों से फेक न्यूज़ के प्रति जागरूकता